शनिवार को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ पांचवें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है श्री तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां जाहिर की हैं उनका संभावित समाधान खोज लिया गया है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा सरकार ने यह भी कहा है कि कृषि उत्पाद विपणन समितियों एपीएमसी की मंडियों को मजबूत करने और प्रस्तावित निजी बाजारों को बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने के तौर तरीकों पर विचार करने को तैयार है श्री तोमर ने दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है

हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को सरदारशहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जीप सवार ये सभी लोग ड्ंगरगढ़ में एक शोक सभा में जा रहे थे सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं

आज सशस्त्र सेना झण्डा दिवस है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बलों के जवानों के निःस्वार्थ बलिदान और अदम्य साहस पर पूरे देश को गर्व है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और सेवा को सलाम किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सशस्त्र बलों के शहीद जवानों को विनम्र श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यह दिन इन शहीदों और इनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता और समर्थन व्यक्त करने का दिन है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में आगामी पांच दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार आ रहे कम तीव्रता के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रूख बदला हुआ है और इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है